पचपन दशमलव छह नौ प्रतिशत मतदाताओं ने डाले वोट

प्रशासन के कई वरीय अधिकारी कर रहे हैं कैम्प

करोड़ों रूपये की चल अचल सम्पत्ति का हुआ खुलासा बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

द्रसरे चरण में चौरानवे विधानसभा सीटों पर तीन नवम्बर को जबकि तीसरे चरण के लिए अठहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में सात नवम्बर को मतदान होगा सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं और रैलियां कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छौड़ादानो हरनाटांड और सिकटा में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि उनके पन्द्रह सालों के कार्यकाल में छह लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिली जबकि राजद के पन्द्रह साल के शासनकाल में सिर्फ पंचानवे हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी उन्होंने राजद के दस लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वायदे को राजनीतिक फायदा लेने वाला घोषणा बताया भाजपा के स्टार प्रचारक और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीवान के दरौंदा और लालगंज में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जातिवाद और वंशवाद की राजनीति से बिहार का विकास नहीं हो सकता है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में जनसभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास के कई नये प्रतिमान गढ़े हैं उन्होंने विपक्षी दलों को विकास विरोधी बताया वहीं पार्टी नेता और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में केन्द्र की वर्तमान एनडीए सरकार ने राज्य को दोगुना पैसा दिया है नित्यानंद राय तथा गिरिराज सिंह ने भी एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया इधर राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने उजियारपुर और मध्रबनी में आयोजित चुनावी सभा में आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल है उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों का पलायन जारी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने पटना के बांकीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार की प्रगति के लिए महागठबंधन की सरकार जरूरी है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मधुबनी और दरभंगा में कहा कि सात निश्चय योजना में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है प्रदेश में लोजपा की सरकार बनती है तो इस योजना की जांच करवाई जायेगी रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि राज्य में उनके गठबंधन की सरकार बनती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जायेगा वाम दलोंके नेता सीताराम येच्री डी राजा और कविता कृष्णन ने कहा कि इस बार लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता महागठबंधन को सरकार बनाने का मौका देगी जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सीवान और सारण जिले में आयोजित चुनावी सभाओं में राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक नवम्बर को छपरा समस्तीपूर मोतिहारी और बगहा में चार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि तीन नवम्बर को प्रधानमंत्री फारबिसगंज और सहरसा में जन सभाओं को संबोधित करेंगे चूनाव आयोग ने विधानसभा चूनाव के पहले चरण के मतदान का अंतिम आंकड़ा जारी कर दिया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इकहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में कुल पचपन दशमलव छह नौ प्रतिशत वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में शून्य दशमलव नौ चार प्रतिशत अधिक है उन्होंने बताया कि इस बार महिलाओं की तुलना में पुरूष मतदाताओं की सहभागिता अधिक रही चौवन प्रतिशत से अधिक पुरूष मतदाताओं ने मतदान किया जबकि महिला मतदाताओं का प्रतिशत लगभग तिरपन रहा श्री सिंह ने बताया कि सबसे अधिक मतदान नक्सल प्रभावित जमुई जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र में हुआ है यहां पैंसठ दशमलव आठ तीन प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया जबकि सबसे कम मतदान मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ यहां मतदान प्रतिशत छियालीस दशमलव तीन नौ रहा मूंगेर में हये उपद्रव के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएमपी की दो अतिरिक्त कम्पनी भेजी गयी है एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार भी मुंगेर में कैम्प कर रहे हैं इसके अलावा कमांडेंट और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के दो अधिकारी भी शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए स्थानीय प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं एडीजी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि मुंगेर में हालात नियंत्रण में है इधर हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन जीवन सामान्य होने लगा है

ये छापेमारी पटना हिलसा भागलपुर पूर्णियां कटिहार और गया में हुई है छापेमारी में विभाग की तीस से अधिक टीमें लगी रहीं आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस दौरान टीम को करोड़ रूपये नकदी आभूषण और अचल सम्पत्तियों के दस्तावेज मिले हैं विभाग दस्तावेजों का आकलन कर रहा है राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने पटना बाईपास इलाके से एक ट्रक से इक्कीस क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया है मौके से दो तस्करों की गिरफ्तारी हुई है बरामद गांजे का बाजार मूल्य तीन करोड़ रूपये से अधिक बताया जाता है गांजे की यह खेप ओडिसा से आ रही थी पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न मार्गो पर चलाई जा रही पांच स्पेशल इंटर सिटी ट्रेनों का परिचालन अब तीस नवम्बर तक किया जायेगा पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों में सहरसा पटना कटिहार पटना पटना भभुआ राजेन्द्र नगर जयनगर और राजेन्द्र नगर सहरसा स्पेशल ट्रेन शामिल हैं प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर पंचानवे दशमलव पांच पांच प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव पांच पांच प्रतिशत अधिक है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है इस समय आठ हजार चार सौ चौरासी मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है कल एक हजार अड़सठ मरीज स्वस्थ हुए जबकि सात सौ तिरासी लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई राज्य में अब तक दो लाख पांच हजार तीन सौ पचासी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है सैयद अफजल अब्बास को बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है पटना स्थित हज भवन में आयोजित बोर्ड की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्द्रस्तान लिखता है मुंगेर में उपद्रव डीएम एसपी हटाये गये मुंगेर कांड पर दैनिक भास्कर ने सीआईएसएफ की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है विर्सजन के दिन फायरिंग की शुरूआत पुलिस ने की फिर इंसास राईफल से सीआईएसएफ ने तेरह राउंड फायरिंग की दैनिक जागरण ने लिखा है पहले चरण में दो हजार पन्द्रह के विधानसभा चुनाव की तुलना में शून्य दशमलव नौ चार प्रतिशत अधिक मतदान प्रभात खबर की सुर्खी है एलटीसी वाउचर योजना राज्यों और निजी कर्मियों के लिए भी आज और राष्ट्रीय सहारा ने चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए धुंआधार प्रचार जारी

पचपन दशमलव छह नौ प्रतिशत मतदाताओं ने डाले वोट

अतिरिक्त कम्पनी भेजी गयी प्रशासन के कई वरीय अधिकारी कर रहे हैं कैम्प

करोड़ों रूपये की चल अचल सम्पत्ति का हुआ खुलासा